श्री मोदी ने स्वयं लैम्प जलाते हुए अपना फोटो साझा किया

सभी वर्गों के लोगों ने कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में एकजुटता दिखाने के लिए लाइटें बंद कर दी और दिए जलाए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो संदेश में कहा था कि देश जिस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहा है उसे पूरा करने में भारत प्रकाश की ताकत महसूस करेगा और सामान्य जन को प्रकाशमान करेगा श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से फैले अंधेरे के बीच देश को प्रकाश और उम्मीदों की ओर सतत प्रगति करनी चाहिए

दीप प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर कल पूरे प्रदेश में लोगों ने दीए मोमबत्ती और मोबाइल फ़लेश लाईट के जरिए एकज़ुटता का प्रदर्शन किया राज्यपाल लालजी टंडन ने भी राजभवन में दीप जलाया राज्यपाल ने कहा कि यह अवसर देश को बड़े संकल्प के साथ एकता के सूत्र में बांधने का है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ घर में दीप जलाये उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्वास के इस प्रकाश से हम महामारी को समाप्त करने में कामयाब रहेंगे प्रदेश भर से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न जिलों में अलग अलग आयोजन हुए मंडला में लोगों ने दीए और टार्च की रोशनी से दीवाली जैसा माहौल बना दिया छतरपुर में लोगों ने अपनी छतों और बालकनी पर जाकर रोशनी की राजगढ़ में भी लोगों ने सोशल डिस्टेटिंग का पालन करते हुए दीप जलाये अशोकनगर में भी प्रधानमंत्री के आव्हान पर लोगों ने एकजुटता प्रदर्शित की नीमच में लोगों ने दीप जलाकर आपसी सौंहार्द और सेवारत लोगों के प्रति धन्यवाद का इजहार किया अनुपपुर में लॉकडाउन का पालन करते हुए दीप जलाये गये

आगरमालवा भी दीपों की रोशनी से जगमगा उठा होशंगाबादग्वालियर सहित कई शहरों में भी लोगों ने इस आयोजन में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया

एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देशभर में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के लिए चयनित अस्पतालों में इलाज और निजी प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है

केंद्रीय मंत्री ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इसमें सहयोग करें

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि देश में कोरोना मामले लगभग चार दिन की दर से दोगुने हो रहे हैं अगर तब्लीगी जमात का हादसा नहीं होता तो मरीजों की संख्या इतनी नहीं होती

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुआँ और सेवाओं की स्थिति संतोषजनक है

उज्जैन में पांच खरगोन में चार और बड़वानी में तीन लोग संकमित हैं

उधर बढ़ती संख्या को मददेनजर कल देर रात से संपूर्ण लाकडाउन लागू कर दिया गया है इस दौरान केवल दूध और दवाई की दुकान ही खुली रहेंगी अन्य सामग्री के लिए जिला प्रशासन ने ऑनलाईन सामान भेजने की व्यवस्था की है प्रशासन ने निजी वाहनों के संचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है

उधर भोपाल में स्मार्ट सिटी आफिस में बनाये गये कन्टोल रूम में काम करने वाले लोगों के लिए फुलबाडी सेनेटाइजर मशीन लगाई गई है

मुरैना में अभी तक तीस हजार लोगों को होम कोरेन्टीन किया गया है इन्दौर में लाकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है यहां बिना जरूरी कारण से घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक है खरगोन में छात्रावासों और मदरसों में भी कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं राजगढ़ में आज पूरी तरह से बंद रहेगा और केवल आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी बैतूल में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सीमावर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया छिन्दवाड़ा में दीनदयाल रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है

उज्जैन में लोगों से अपने घरों में ही रहने को कहा गया है ताकि वे संक्रमित मरीजों के संपर्क में न आ सके भिंड में संकमण की रोकथाम के लिए व्यापक इंतजाम किये गये हैं

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती सर्वाधिक शुभ अवसरों में से एक है जिसका धार्मिक जीवन में विशेष महत्व है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है वहीं जिला प्रशासन ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि वे सोशल डिस्टेसिंग और लाकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हए महावीर जयंती मनाये

अब पार्टी एक राहत कोष की स्थापना करेगी जिसके माध्यम से राहत सामग्री का वितरण किया जायेगा

अब यहां एक दिन में दो सौ तक टेस्ट हो सकते हैं

क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइवर पर्याप्त मात्रा में होता है